कल सदन की कार्यवाही देर रात लगभग पौने ग्यारह बजे तक चली थी आज शन्यकाल के दौरान विधानसभा अध्यक्ष एन पी प्रजापति ने सदन में कहा कि सदस्यों की और से उठाए जाने वाले मुद्दों की जानकारी संबंधित विभागों तक पहुंचाई जाए शून्यकाल में भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा द्वारा शहर में रेत के भंडारण संबंधी मामला उठाने पर अध्यक्ष ने कहा कि शहर में रेत के भंडारण की व्यवस्था भी बंद की जाए साथ ही अध्यक्ष ने मंत्री आरिफ अकील के सुझाव पर यह व्यवस्था भी दी है कि भोपाल शहर में रात के समय मार्ग के दोनों ओर खड़े होने वाले वाहनों पर रोक लगाई जाए मिलावटी दूध स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने सदन के बाहर मिलावटी दूध का कारोबार करने वालों पर तत्काल कार्रवाई की बात कही उन्होंने मीडिया से चर्चा में कहा कि दोषी पाए जाने पर ऐसे लोगों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई होगी उन्होंने ग्वालियर संभागायुक्त को मामले की जांच के आदेश दिए हैं भोपाल से भी जांच दल ग्वालियर के लिए रवाना हो गया है प्रदेश के सभी आयुक्तों से स्वास्थ्य मंत्री ने इस संबंध में चर्चा की है

आरक्षण विधानसभा अध्यक्ष एन पी प्रजापति ने आज पदोन्नति में आरक्षण के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष के चार चार प्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री से मिलकर चर्चा करने के निर्देश दिए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीतासरन शर्मा ने सदन में प्रश्नकाल में यह मामला उठाया जिस पर काफी देर तक प्रक सवाल हुए अध्यक्ष श्री प्रजापति ने कहा कि नियम सभी श्रेणियों के लिए एक समान होना चाहिए इसके पहले सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ गोविंद सिंह ने कहा कि अधिकारियों ने उच्चतम न्यायालय का आदेश सब पर लागू होना बताया है सभी विभाग इससे परेशान हैं प्रदेश में पद खाली हैं और काम रुके हुए हैं इसलिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ताओं र्स इस बारे में राय लें निधन कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का अंतिम संस्कार अब से क्छ देर बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ निगम बोध घाट पर होगा श्रीमती शीला दीक्षित का दिल का दौरा पड़ने से कल दिल्ली के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया था

उनके निधन पर प्रमुख नेताओं ने शोक संवेदना प्रकट की है आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी सुषमा स्वराज और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उनके निवास पर जाकर श्रद्वांजलि दी कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित अनेक नेताओं ने श्रद्वांजलि अर्पित की थी श्रीमती शीला दीक्षित का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शनों के लिए कांग्रेस मुख्यालय पर रखा गया था जहां बड़ी संख्या में लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की

सावन सोमवार कल सावन का पहला सोमवार है खंडवा के ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पर कल भक्त विशेष पूजा अर्चना के लिये पहुंचेंगे उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में भी सावन सोमवार की विशेष तैयारियां की जा रही हैं कल बाबा महाकाल की शाही सवारी भी नगर भ्रमण के लिये निकलेगी होशंगाबाद जिले में भी सावन सोमवार पर नर्मदा स्नान के लिये भक्तों का आना शुरू हो गया है इसके अलावा कांवड यात्रा भी विभिन्न स्थानों से निकाली जाएगी

इसके पहले प्रदेश के खंडवा जिले ने पोषण के क्षेत्र में अव्वल स्थान हासिल किया था

पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है